हरियाणा मे संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा इन्द्रजीत ने लोगों को सोशल मीडिया पर फैलाये जा रहे मताधिकार सम्बधी संदेशों से सचेत रहने को कहा है

पंचक्ला के माता मनसा देवी मंदिर में नवरात्र मेले कल से शुरू श्रदवालुओं की स्विधा के लिये प्लिस व प्रशासन ने प्ख्ता प्रबंध किये उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र द्वारा लाए गये आधार अध्यादेश को च्नौती देने सम्बधी याचिका पर विचार से इन्कार कर दिया है और कहा कि याचिकाकर्ता पहले उच्च न्यायालय में अपील करें न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस ए नज़ीर की पीठ ने कहा कि वोह मामले की मुख्य बातों का ब्यौरा नहीं दे रहे और उन्हें इस मामले में पहले उच्च न्यायालय के विचार जानने होंगे याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील अभिषेक मन् सिंघवी ने पीठ को बताया कि ये मामला राष्ट्रीय महत्व का है इसलिये अपैक्स न्यायालय को इसका फैसला करना चाहिए

गौरतलब है कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने गत तीन मार्च को आधार अध्यादेश को अन्मति देते हये इसे मोबाइल सिम कार्ड लेते समय और बैंक खाता खोलते समय समय प्रमाण पत्र के रूप में प्रयोग करने की अन्मति दे दी थी हरियाणा के संयुक्त म्ख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ इन्द्र जीत ने कहा कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति वोट डालने के लिए आता है परंत् उसे यह पता लगता है कि उसके नाम पर पहले ही किसी व्यक्ति द्वारा वोट डाला जा च्का है उस स्थिति में उसे मतदाता होने का पहचान साबित करनी होगी प्रिजाइडिंग अधिकारी को उस व्यक्ति द्वारा दिए गए जवाब और पहचान संतोषजनक लगने के बाद उस व्यक्ति को वोट डालने की अनुमति दी जाएगी व्यक्ति को वोट डालने के लिए टेंडर बैलेट पेपर दिया जाएगा संयुक्त म्ख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ऐसी स्थिति में ईवीएम मशीन पर वोट नहीं डाला जाएगा केवल बैलेट पेपर के माध्यम से ही वह व्यक्ति अपना वोट डाल सकेगा हरियाणा में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये चूनाव अधिकारी विभन्न प्रकार के अभियानों का सहारा ले रहे है इसी के तहत रेवाड़ी के जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि गांव में न्क्कड़ नाट क भजन मंडलियों च्नाव पाठशाला के जरिये लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिये आवश्यक स्विधायें उपलब्ध रहेंगी उन्होंने कहा कि जिन दिव्यांग मतदाताओं ने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है वह फार्म नम्बर छ भरकर पंजीकरण करवा सकते है

उन्होंने बताया कि पार्टी ने रोहतक से जयकरण मांडोठी सोनीपत से बलबीर सिंह भटगांव ग्ड़गांव से श्रवण क्मार और भिवानी महेन्द्रगढ़ से ओम प्रकाश पार्टी के उम्मीदवार घोषित किये है पंचकूला के उपाय्क्त डा बलकार सिंह ने बताया कि श्री माता मनसा देवी व काली माता मंदिर कालका में कल से चैत्र नवरात्र मेला श्रू हो रहा है इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिये गये है उपाय्क्त ने बताया कि मेले में सफाई व्यवस्था पर विशेष बल देने और पौलीथीन का प्रयोग रोकने के लिये अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये है मेले के दौरा पौलीथीन का प्रयोग करने खादय पदार्थों की ग्रणवता बेचे जा रहे पदार्थों के नापतोल के मामले में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर अथवा आदेशों की उल्लंघना पर कार्रवाई करने के लिये भी कहा गया है उन्होंने बताया बताया कि श्रदधाल्ओं की सुविधा के लिये मंदिर में आने जाने के लिये तीन तीन रास्ते बनाये गये है उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य परिवाहन विभाग और सीटीयू दवारा यात्रियों के लिए विशेष बसें चलाई जायेंगी

उधर भिवानी में भी नवरात्रे पर्व को लेकर सभी मंदिरों को सजाया जा रहा है नवरात्रों की तैयारियों में छोटी काशी के किसी मंदिर में पेंटिंग की जा रही है तो कही पर देवी का दरबार सजाया गया है कल अनेक मंदिर में पूजा पाठ और अखंड ज्योति जलाई जाएगी और साथ ही लोग व्रत भी रखेंगे

पंचकूला के सिविल सर्जन डा योगेश शर्मा ने बताया है कि नवरात्र में व्रत के दौरान उपयोग हाने वाले क्टटू और अन्य सामान के नमूने लिये गये है उन्होंने कहा कि ये नमूने विशेलषण के लिये खादय प्रयोगशाला करनाल में भेजे गये है इसके साथ ही ख्ले में रखे गये पदार्थों गले सड़े फलों को मौके पर ही नष्ट करवाया गया हैं उन्होंने कहा कहा कि माता मनसा देवी में भी खादय पदार्थों की जांच के लिये मोबाईल खादय प्रयोगशाला की व्यवस्था की गई है

इस जांच के लिये प्रयोगशाला के तकनीकी अधिकारी अभिमन्य् से संपर्क किया जा सकता हैं

ये वृद्वि घरेल् शेयर बाज़ार में उछाल और विदेशी बाज़ारों में ग्रीन बैंक के कमज़ोर हरने के कारण ह्आ है कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में भारत की विकास दर धीमी हो गई है आज नई दिल्ली में पत्रकारवार्ता को सम्बोधित करते हये कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप स्रजेवाला ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक सहित मुल्यांकन करने वाली विभन्न अतंराष्ट्रीय एजेंसियों ने कहा कि विकास दर में कमी हुई है और मंहगाई में वृद्वि हुई है

उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस ने ये च्नाव वायदा किया है तो इसे राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है

सिरसा पुलिस ने विशेष जांच के दौरान सांगवान चौक से एक युवक को एक हजार नशीले कैप्सूलों के साथ हिरासत में लिया है पकडे गये आरोपी की पहचान चितरगढ़ पट्टी के निवासी शंकर के रूप में हई है प्लिस ने बताया कि पकड़े गये युवक को अदालत मे पेश कर रिमांड पर लिया जायेगा प्रदेश में सरसों की फसल की खरीद श्रू हो च्की है प्रशासन की ओर किसानों की स्विधा और अन्य प्रबंधों का ख्याल रखा जा रहा है

मार्किट कमेटी सैक्ट्री इंन्द्रपाल सिंह ने बताया कि मंडी में सरसों की आवक तेज हो गई है उन्होंने बताया कि सरसों की फसल की खरीद के लिये अलग अलग गांवों की सुची बनाई गई है

उनहोंने बताया कि अनाज मंडी में किसानों की स्विधा के लिए प्रबंध किए गये है उन्होंने किसानों से अपील की कि किसान सरसो की फसल सुखाकर लाये ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो